स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

राज्य में कोरोना से जान गवाने वालों की क्ल संख्या अद्वावन हो गई है राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार रविवार को कोविड के अलावा कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोअर दिबांग वैली जिले की बयासी वर्षीय और छप्पन वर्षीय महिलाओं की मौत हो गई मुख्यमंत्री पेमा खांड् ने कोविड से लोअर दिबांग वैली जिले की दो महिलाओं की मौत पर द्रख व्यक्त करते हुए प्रदेश के लोगों से कोविड प्रोटोकॉल और सुरक्षा दिशानिर्देशों का पाळन करने की अपील की है इधर राज्य में पिछले चौबीस घंटे में कोविड के सत्तर नए मामले सामने आए और अद्वाईस रोगी स्वस्थ हुए राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर पांच सौ इक्यासी हो गई है और रिकवरी दर घटकर छियानबे दशमलव तीन आठ प्रतिशत रह गई है रविवार को राज्यभर में कोविड जांच के लिए दो हजार तीन सौ पैसठ सैंपल एकत्र किए गए प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में लोअर दिबांग वैली जिले से बीस ईटानगर राजधानी क्षेत्र से तेरह वेस्ट कामेंग से बारह पाप्मपारे से आठ तवांग से सात चांगलांग से पांच नामसाइ से दो अपर सुबनसिरी पाक्के केसांग और लोअर सियांग जिले से एक एक मामले शामिल है जबकि रविवार को स्वस्थ हए कोरोना रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से चौदह वेस्ट कार्मेंग से ग्यारह लोअर दिबांग वैली से दो और लोहित जिले से एक रोगी शामिल है स्वास्थ्य निदेशालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक ईटानगर के चिंपू में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में बाईस पापुमपारे जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मिदपु में सत्रह डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में चौतीस और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर्स में चार सौ चौसठ बेड उपलब्ध है उधर कोविड की द्रसरी लहर को देखते हुए राज्य के सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक कॉलेज आगामी एक मई से बंद रहेंगे

लोहित के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ सी एल मनचाय ने बताया कि जोनल अस्पताल तेजू में ऑक्सीजन रुम पूरी तरह तैयार है और इससे अस्पताल के सभी वार्डो में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी उन्होंने कहा कि जोनल अस्पताल तेज् से जिले के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों की मेडिकल ऑक्सीजन की जरुरतों को भी पूरा किया जाएगा

हालांकि इस द्र्घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है घटना की सूचना मिलते ही राज्य अग्निशमन विभाग और एयरपोर्ट के अग्निशमन दल ने मौके पर पहंचकर आग पर काब् पा लिया द्र्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है

अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम की इस बस सेवा का उदघाटन जिला पंचायत सदस्य तादू बेयोर ने किया आजादी के बाद स्दूर के चेतम अंचल के लिए पहली बार श्रु इस बस सेवा से इस अंचल के पचास गांवों के करीब तीन हजार लोगों को लाभ मिलेगा स्थानीय लोगों ने इस बस सेवा के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया

विश्वविद्यालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सभी हाल्स ऑफ रेसिडेंस बंद किए जाएंगे और सभी बॉडर्स पहली मई तक या उससे पहले हॉस्टल को खाली करेंगे बहरहाल क्लासेस और परीक्षाओं सहित शैक्षणिक गतिविधियों संशोधित शैक्षणिक दो हजार बीस इक्कीस के अन्सार ऑनलाइन किया जायेगा

अरुणाचल प्रदेश वादो कराटे द् एसोसियेसन ने उनकी मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है

उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी जिलों में कोविड जांच इलाज और टीकाकरण की स्वास्थ विभाग द्वारा सतत निगरानी की जा रही है